प्रक्षेपण के सत्रह मिनट बाद ही चन्द्रयान द् सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में पहंच गया चन्द्रयान ट के प्रक्षेपण की सफलता पर राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि चन्द्रयान ट का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिये गर्व का क्षण है उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मिषन नई खोजों को जन्म देगा और ज्ञान प्रणालियों को समुद्ध करेगा राश्ट्रपति ने सफल प्रक्षेपण के लिये इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह देष के गौरवषाली इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पल है चन्द्रयान की कामयाब लांचिंग वैज्ञानिकों की अथक मेहनत और इच्छाषक्ति का परिणाम है आज हर भारतीय गर्व महसुस कर रहा है

यह ऐतिहासिक यात्रा की षुरूआत है इसरो के अनुसार चंद्रयान ट्र तेईस दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा इसके बाद यह पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा प्रक्षेपण के तीसवें दिन यह चंद्रमा की कक्षा में पहंच जाएगा उसके बाद तेरह दिन तक यह चंद्रमा की परिक्रमा करेगा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है एन डी ए सरकार के दुसरे कार्यकाल के पचास दिन पुरे होने के अवसर पर जावडेकर ने नई दिल्ली में कहा कि लोग अब आश्वस्त हैं कि सरकार के पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल में सुधार कल्याण और न्याय की गति में तेजी आई है स्पीड स्केल और स्किल ये तीनों का दर्शन इस पचास दिन में दिखा है किसान जवान नौजवान मजदूर मध्यमवर्ग व्यापारी शोध भारत के पड़ोसी देशों से संबंध निवेश संशाधनों का विकास भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर से लड़ाई और समाजिक न्याय ये मुझे लगता है कि पचास दिन की सबसे मुख्य बाते है जावड़ेकर ने कहा कि पचास दिनों के अन्दर मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जो बुनियादी ढांचा शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में तेज गति से विकास के रोडमैप को प्रदर्शित करते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पचास दिनों के भीतर सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर तक पहंचाने का भी संकल्प लिया है निवेश के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं ताकि दुनियाभर से निवेश भारत में आए

पांच लाख करोड डॉलर की इकॉनोमी बनने की दिशा में ये भरसक प्रयास है सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने सड़क रेल और खेलकूद के क्षेत्र में खरबों रूपये के निवेश को मंजूरी दी है सौ लाख करोड़ का निवेश आने वाले पांच साल में सड़क बिजली पानी रेलवे पोर्ट एयरपोर्ट इन सभी में जो होगा इससे बहत जबरदस्त लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाके में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना का तीसरा चरण शुरू होगा जो और महत्वपूर्ण स्थानों तक अच्छी सड़क ले जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कमार ने कहा है कि वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस से भारत की विकास दर आठ प्रतिशत से अधिक हो जाएगी क्योंकि संरचनात्मक सुधारों के अच्छे परिणाम आना निश्चित हैं अमरीका के न्यूयार्क में एक संवाद एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी और धन शोधन अक्षमता संहिता लागू कर बदलाव की प्रकिया शुरू करने से इसकी बुनियाद रखी जा चकी है उन्होंने कहा कि अब इन सुधारों के परिणाम आने लगेंगे श्री कमार ने कहा कि अगले पांच वर्ष में मोदी सरकार विकास को तेज करने पर जोर देगी और इसे मौजूदा लगभग सात प्रतिशत से बढाकर आठ प्रतिशत से अधिक करने की कोशिश करेगी उन्होंने कहा कि इससे देश पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा कांग्रेस सांसदों ने आज सोनभद्र गोलीबारी के विरोध में संसद भवन परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया ये सांसद सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे उन्होंने प्रदेश के सोनभद्र में मृतकों के परिजनों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी का भी विरोध किया